हरियाणा के श्रम मंत्री नायब सिंह सैनी के अन्सार प्रदेश के लगभग दस लाख किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा

श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का श्रूआत गोरखप्र से की इस योजनाके तहत चयनित कुछ किसानों को दो हजार रूपये की पहली किश्त इलैक्ट्रोनिक तरीके से उनके बैंक खातों में डाली गई

हरियाणा के कृषि मंत्री ओ पी धनखड़ ने कहा है कि आज से किसानों के खातोंमें सीधे दी जाने वाली किसान सममान निधि योजना उनके हित मे बड़ी योजना है आज पंचक्ला में आयोजित कार्यक्रम में श्री धनखड़ ने कहा कि कृषि उत्पादकता व किसान कल्याण के लिये अलग अलग योजनायें बनाई गई है और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल के लिये पचास प्रतिशत म्नाफे के साथ घोषित किये गये है

फतेहाबाद के विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष स्भाष बराला ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजा को महत्वाकांशी बताते हये कहा कि ये किसानों के हित के लिये एक बहत बड़ी योजना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गोरखप्र से आज श्रू किये गये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाइव प्रसारण के बाद किसानों को सम्बोधित करते हये श्री बराला ने बताया कि पहली किश्त के दो हजार रूपये अनेक किसानों मोबाइल पर उनके बैंक खातों में डाले जाने का संदेश मिला है श्री बराला ने बतायािक उनकी अध्यक्षता मे एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट म्ख्यमंत्री को सौंप दी है जिस पर आगामी क्छ दिनों में निर्णय होगा जिससे हरियाणा के किसानों को एक बड़ी सौगात मिलेगी दीनबंध् सर छोट् राम की जयंती पर आज उनहें हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर याद किया गया भिवानी में उनह याद करते हये सामाजिक संगठनों ने श्रदवाजंलि आर्पित की

विधायक सुखबिद्ग श्योरण ने कहा कि किसान को आर्थिक उन्नति देने में सर छोटू राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी

ख्डाना गांव में किसान सममान निधि योजना के श्भारंभ के अवसर पर आज म्ख्मयंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से विकास को नई दिशा मिलेगी और महेन्द्रगढ़ जिले में रोज़गार के सुजन के साथ साथ आर्थिक समृदवि भी मिलेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में प्लवामा में हये आंतकवादी हमले में शहीद हये जवानों की क्बार्नी से देश को आंतकवाद खत्म करने की लगातार प्ररेणा मिलती रहेगी और उनसे इस बलिदान से लोगों का इरादा और पक्का होता रहेगा

शहीदों को श्रद्वाजंलि देते हये श्री मोदी ने कहा कि प्लवामा की घटना से देशवासियों में बह्त दखी है तथा गस्सा भी और फौज ने आंतकवादियों को खत्म करने का दृढ़ निश्चिय कर लिया है

श्री मोदी ने जमशेदजी टाटा के द्रदर्शी नज़रिये की प्रंशसा की जिन्होंने भारत के अच्छे भविष्य का सपना देख कार्य किया श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के योगदान की प्रंशसा की श्री मोदी ने कहा कि अगले दो महीनों में सारा देश लोकसभा च्नाव के लिये व्यस्त हो जायेगा तथा मन की बात की अगली कड़ी मई महीने के आखिरी रविवार को होगी केन्द्रीय इस्पात मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह ने सोनपत के खरखौदा में जागृति स्मारक का लोकापर्ण करते हये कहा कि पाकिस्तान व आंतकवादियों को सबक सिखाने के लिये सेना को निर्णय लेने की छूट दी गई है और वो अपने हिसाब से कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है

अम्बाला छावनी में आयोजित सरस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हरियाणवी गायक स्रेश नैनिया ने देश भक्ति के जरिये लोगों को प्रेरित किया